पियूष गोयल केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जीएसटी ने सभी वर्गों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है उन्होंने व्यापारिक समुदाय से आग्रह किया कि वे टैक्स की चोरी करने वालों का पर्दाफ़ाश करें उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से बिल दें श्री गोयल आज भोपाल में व्यापारिक समुदाय से संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नया भारत बनाने का संकल्प लिया है संगठित व्यापार के माध्यम से प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में अपना सहयोग दें इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्त मंत्री जयंत मलैया सहित विभिन्न व्यापारी संघो के प्रतिनिधि उपस्थित थे जीएसटी लागू करने में मध्यप्रदेश की सराहना करते हुए उन्होने कहा कि जीएसटी लागू करने में मध्यप्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और व्यापार मित्र व्यवस्थाएं स्थापित की हैं जल प्रदाय योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के उदयपुरा के साथ प्रदेश के सात सौ स्थानों पर समूह नल जल योजनाओं का लोकार्पण किया कार्यकम में केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल भी शामिल हुए इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किये जा रहे कार्यों से मध्यप्रदेश की तस्वीर बदल गई है इस मौके पर अन्य शासकीय योजनाओं का हितलाभ भी वितरित किया गया एक सौ छप्पन करोड़ रूपये की लागत की इस योजना के तहत उदयपुरा और आसपास के कई गॉवों तक नर्मदा नदी का पानी पहॅचाया जायेगा

उज्जवला योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन के लिये चयनित प्रदेश के अन्य श्रेणियों के हितग्राहियों को भी गैस कनेक्शन दिये जायेंगे जानकारी के अनुसार उज्जवला योजना में सम्मिलित नवीन श्रेणियां अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राही सभी अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार समस्त वनवासी अति पिछड़ा वर्ग को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे इन श्रेणियों में बीपीएल की अनिवार्यता नहीं है

इस मिशन का उद्देश्य बच्चों में कृपोषण एनीमिया और जन्म के समय कम वजन की समस्या से निपटना है इस मिशन के तहत प्रदेश में अस्सी हजार से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिए राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया गया

पखवाड़े के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत दम्पतियों से संपर्क कर परिवार नियोजन के लिए एएनएम आशा द्वारा प्रेरित किया जायेगा पखवाड़े के साथ साथ ऐसे ही परिवार के दम्पतियों से संपर्क कर दो बच्चों पर महिला नसबंदी और पुरूष नसबंदी ऑपरेशन कराने पर प्रेरणा योजना के बारे में बताया जायेगा

श्री तोमर ने आज यहां भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली शिवपूरी में जिला स्तर की इस समन्वय बैठक में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की मोदी सरकार ने आम जन के लिए कई विकास योजनाए चलाई हैं इन योजनाओं को पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता और अन्य पार्टी पदाधिकारी नीचे तक पहुंचाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके इस समन्वय बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप लारिया भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील रघुवंशी पोहरी विधायक प्रहलाद भारती सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे वेगड निधन हिंदी और गुजराती भाषा के साहित्यकार चित्रकार और नर्मदा परिक्रमावासी अमृतलाल वेगड़ का आज जबलपुर में निधन हो गया श्री वेगड़ अस्थमा से पीड़ित थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री बेगड़ के निधन पर श्रद्वांजलि देते हुए अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय बेगड़ साहित्य ही नहीं बल्कि समाज के भी अमूल्य धरोहर हैं उनके असामयिक निधन से पर्यावरण साहित्य और नर्मदा सेवकों सहित देश को अप्रणीय क्षति हुई है

चुनाव तैयारी प्रदेश में चल रहे दूसरे विशेष संक्षिप्त प्रनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का शुद्धिकरण तेजी से किया जा रहा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिला कलेक्टर को मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के पहले की गतिविधियों की जानकारी दी है

सभी जिलों में बीएलओं के घर घर सर्वे के बाद वेण्डर द्वारा फार्म की डाटा एन्ट्री का कार्य हो चुका है एक जुलाई से चार जुलाई तक मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिए गये है

इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित रहेंगे चोर गिरफ्तार बैतूल जिला स्थित वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की खदानों में चोरी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है गिरोह का मुख्य सरगना अभी फरार है

मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग ने टीकमगढ़ जिले में एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा एक दिव्यांग से मारपीट करने के मामले में संज्ञान लिया है आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने टीकमगढ़ जिले के लिधौरा थाना क्षेत्र से एक महिला सहायक प्रलिसॅ निरीक्षक द्वारा एक दिव्यांग के साथ मारपीट करने और उसे जेल भेजने की घटना पर संज्ञान लिया है आयोग ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन तलब किया है दिव्यांग पर आरोप है कि उसने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ी और दुर्व्यहार किया जबकि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता है